व्यवसाय के लिए मिलेगा सस्ता ऋण

अब तक चौवालीस प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे

केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों तथा सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों एमएसएमई की सहायता के लिए कई ऐतिहासिक फैसलों को मंजूरी दी गई कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि खरीफ की चौदह फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तिरासी प्रतिशत तक बढ़ाया जायेगा इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकेगा सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य तिरेपन रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर एक हजार आठ सौ अड़सठ रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है वहीं किसानों के हित में लघु अवधि के ऋण की अदायगी की तारीख को बढ़ाकर इकतीस अगस्त कर दिया गया है

मै समझता हूं कि किसानों के लिए निरिक्त रूप से बहुत बड़ी राहत है

इस फैसले से अनेक औद्योगिक इकाईयों को एमएसएमई के दायरे में लाया जा सकेगा पचास करोड़ रुपये तक के निवेश और दो सौ पचास करोड़ रुपये तक के सकल कारोबार वाले उद्यम अब एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्ध लाभ हासिल कर सकेंगे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसलों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे किसानों मजदूरों और कामगारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव को प्रोत्साहन मिलेगा उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से किसानों रेहड़ी पटरी पर कारोबार से आजीविका कमाने वालों को और एमएसएमई को अत्यधिक लाभ होगा सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कैबिनेट ने संकट में फंसे एमएसएमई की सहायता के लिए बीस हजार करोड़ रुपये के आपात कोष को भी मंजूरी दी

दूसरा इम्पोर्टेट निर्णय ऐसा हुआ है कि विशेष रूप से हमारी बड़ी इंडस्ट्रीज जो होती है जो आप तीन बातों में वर्ल्ड में इकोनॉमी में चर्चा होती है इंशोरेंस इकोनॉमी पेंशन इकोनॉमी और शेयर इकोनॉमी और ये जो बड़ी इंडस्ट्री हैं इनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लोग लेते हैं खरीदते है एमएसएमई को ये सहूलियत नहीं थी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी आधारित समाधान चैंपियंस का शुभारंभ किया चैंपियंस प्लेटफार्म देश में सभी सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों के लिए हर तरह के समाधान एक ही जगह उपलब्ध करायेगा इस प्लेटफार्म पर एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित फाइनेंस कच्चे माल और सभी तरह की अनुमति के साथ शिकायतों का समाधान भी किया जा सकेगा इस प्लेटफार्म से कारोबारियों को अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए नये रास्ते तलाशने में भी मदद मिलेगी इससे संभावित उद्यमियों को टेलीफोन इंटरनेट और वीडियो कांफ्रेंस सहित आधुनिक संचार माध्यमों के जरिये प्रोत्साहन दिया जा सकेगा केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है इसके अंतर्गत रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को विशेष सूक्ष्म ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी योजना का उद्देश्य गली मोहल्ले में फेरी लगाकर और रेहड़ी पटरी पर कारोबार करने वालों विक्रेताओं को कोविड उन्नीस की वजह से बंद हुए अपने कारोबार को फिर से चालू करने में मदद मिलेगी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पिछले महीने की गई घोषणा के तहत इस योजना का शुभारम्भ किया है इस योजना से शहरी इलाकों के ऐसे पचास लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है जो इस साल चौबीस मार्च से पहले यही कार्य करते थे रेहड़ी पटरी विक्रेताओं और फेरी लगाने वाले कारोबारियों को दस हजार रूपये तक का कार्यशील प्रंजी ऋण दिया जायेगा जिसे एक साल के भीतर किस्तों में चुकाना होगा कर्ज का समय पर या पहले भुगतान करने पर सात प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सब्सिडी दी जाएगी बिहार के अलग अलग जिले में पिछले चौबीस घंटे के दौरान एक सौ अड़तीस लोगों के कोरोना संक्रमित होने से प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर तीन हजार नौ सौ पैतालीस हो गयी है जबकि पिछले चौबीस घंटों में दो सौ इक्कीस संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या सत्रह सौ इकतालीस हो गयी है जो संक्रमितों का चौबालीस दशमलव एक तीन प्रतिशत है उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले दो हजार आठ सौ सोलह प्रवासी कामगार संक्रमित पाये गये हैं श्री कुमार ने कहा कि अब तक लगभग तीन लाख कामगरों की जांच की जा चुकी है इधर पटना के महावीर कैंसर संस्थान अस्पताल में तीन कोरोना संक्रमित मरीज पाये जाने के बाद अस्पताल को तीन दिनों के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है देश भर में कोविड संक्रमित लोगों की संख्या बढकर एक लाख अंठानवे हजार से अधिक हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार पंचानवे हजार पांच सौ सताईस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है वहीं इस महामारी से देश में अब तक पांच हजार पांच सौ अंठानवे लोगों की मौत हुई है कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियों को तीस जून तक रद्द कर दिया है विभाग ने कहा है कि इसमें स्थायी और संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मी शामिल हैं वहीं बिहार पुलिस ने छुट्टी पर लगायी गयी रोक को हटा लिया है पुलिस कर्मियों को रोटेशन के आधार पर छुट्टियां मिलेंगी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने कार्यालयों में काम करने के लिए नया दिशा निर्देश जारी किया है दिशा निर्देश के अनुसार सभी कर्मियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा टेबुल और कुर्सी इस तरह लगाये जायेंगे कि कर्मचारी आमने सामने नहीं बैंठे कार्यालय के कम्प्यूटर की बोर्ड टेलीफोन और दरवाजे पर लगे हैंडिल की नियमित सफाई करने का भी निर्देश दिया गया है वहीं विभाग ने सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यालय आने का निर्देश दिया है देश के विभिन्न हिस्सों से पन्द्रह विशेष ट्रेनें चौबीस हजार सात सौ पचास प्रवासी कामगारों को लेकर आज प्रदेश में पहुंच रही है इनमें सबसे अधिक सात ट्रेन केरल से जबकि तमिलनाडु से पांच गोवा और महाराष्ट्र से दो दो तथा हरियाणा से एक ट्रेन आ रही हैं सूचना जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अभी तिरेपन आपदा राहत केन्द्र चलाया जा रहा है जिनमें ग्यारह हजार सात सौ नवासी लोग रहे हैं वहीं प्रदेश के क्वारेंटीन केन्द्रों से आठ लाख छिहत्तर हजार आठ सौ आठ लोग अपने घर लौट चूके हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने एक दिन में ही तीन हजार दो सौ करोड रूपये के ऋण बिना किसी जमानत के दिये हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया है कि बिना जमानत के ऋण मंजूर करने के पहले दिन द्रसरी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले तीन हजार से अधिक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को ये ऋण मंजूर किये गये हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने पेंशनधारकों को कम्यूटेड पेंशन का भूगतान करने के लिए एक सौ पांच करोड़ रुपये के बकाया सहित आठ सौ अड़सठ करोड रूपये जारी किये हैं श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर सरकार ने कर्मचारियों की लम्बे समय से चली आ रही मांग को स्वीकार कर लिया है पेंशनधारकों को अब पन्द्रह वर्ष की अवधि के बाद कम्यूटेड पेंशन का भुगतान किया जायेगा इससे पहले कम्यूटेड पेंशन की बहाली का प्रावधान नहीं था और पेंशनधारकों को कम पेंशन मिलती थी ईपीएफओ अपने एक सौ पैंतीस क्षेत्रीय कार्यालयों के जरिये पैंसठ लाख से अधिक पेंशनधारकों को सेवायें देता है राज्य के बारह लाख पैंतीस हजार पांच सौ बत्तीस किसानों के बैंक खाते में इनपुट सब्सिडी के अंतर्गत लगभग चार सौ सत्रह करोड़ से अधिक भेजे गये हैं कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि अप्रैल महीने में बारिश और तूफान से उन्नीस जिलों में किसानों की फसल बर्बाद हुई थी जिसके बाद लगभग नौ लाख किसानों ने अनुदान के लिए आवेदन दिया है जिसकी जांच की जा रही है खाद्य विभाग बिना राशन कार्ड के भी जरूरतमंदों को मुफ्त में राशन देगा खाद्य सचिव पंकज कुमार पाल ने बताया कि प्रदेश में अब तक साढ़े बारह लाख नये राशन कार्ड बनाये जा चुके हैं जबकि अट्ठाईस लाख नये राशन कार्ड बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है श्री पाल ने कहा कि राशन कार्डधारी अगर आधार कार्ड नहीं जमा करेंगे तो उनका राशन कार्ड रद्द कर दिया जायेगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में दो वर्चुअल रैली करेगी जिसे पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि नौ जून को पहली रैली होगी जबकि दूसरी रैली की तिथि भी जल्द घोषित की जायेगी उन्होंने कहा कि वीडियोकांफ्रेंसिंग और फेसबुक के माध्यम से लोग गृह मंत्री श्री शाह को देख और सुन सकेंगे तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में चौंसठ रूपये की बढ़ोत्तरी कर दी है इस वृद्धि के बाद राजधानी पटना में गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत छह सौ पचासी रूपये हो गयी है इसके अतिरिक्त उन्न्नीस किलो वाले व्यावसायिक सिलेंडर की कीमत तेरह सौ चौबीस रूपये हो गयी है लॉकडाउन के कारण प्रदेश में बंद सिविल और अनुमंडल न्यायालय आज से कार्य करने लगेंगे पटना उच्च न्यायालय ने सभी न्यायालयों को खोलने का आदेश दिया है प्रत्येक न्यायालय में दो वर्चुअल कोर्ट भी काम करेंगे वकीलों को कार्य के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा समस्तीपुर मधुबनी और अररिया जिले में आये चक्रवाती तूफान से सात लोगों की मौत हो गयी है

छह लोग गम्भीर रूप से घायल हो गये हैं जिनका इलाज विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है इसके साथ ही कई घर पेड़ और बिजली के खम्मे गिर गये वहीं भारतीय मौसम विभाग ने बताया है किमॉनसून केरल के रास्ते देश में प्रवेश कर गया है जिसके प्रदेश में अठारह जून तक पहुंचने की सम्भावना है मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून के राज्य में पहुंचने का समय सोलह जून नर्धिारित था लेकिन अब इसमें दो दिन की देरी हो सकती है इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि रोहतास जिले में सुबह कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई है सीबीआई ने मुजफ्फरपुर के हुई नवरूणा अपहरण और हत्याकांड मामले में दसवीं बार जांच के लिए समय की मांग की जिसे उच्चतम न्यायालय ने मंजूर कर लिया है सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष कहा कि इस वर्ष सितम्बर महीने तक जांच पूरी कर ली जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को प्रमूखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है पटना में पाबंदिया हटी तो पटरी पर लौटी जिंदगी अखबार की एक अन्य खबर है कोरोना काल में लोगों को लाभ पहुंचाने में बिहार अव्वल दैनिक भास्कर ने कोरोना संक्रमण पर लिखा है विशेषज्ञों का दावा देश में सामुदायिक स्तर पर अब फैला कोरोना का संक्रमण दैनिक जागरण ने पटना के एक चिकित्सक के कोरोना से बचने की सलाह पर शीर्षक दिया है कोरोना को गले में ही मार देगी इथर की दस ब्रूंद प्रभात खबर की बड़ी खबर है चौदह फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ा एमएसएमई को मिली और राहत और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्र सरकार ने चौदह खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढोतरी की

व्यवसाय के लिए मिलेगा सस्ता ऋण

अब तक चौवालीस प्रतिशत से अधिक लोग स्वस्थ होकर घर लौटे